देश में अब तक एक करोड़ छियासठ लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर शहर को सातवां और दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर शहर को भी सातवां स्थान मिला है दोनों शहरों ने शहरी निकायों द्वारा नागरिकों को मुलभुत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों शहरों के नागरिकों जनप्रतिनिधियों और नगरीय प्रशासन विभाग को बधाई दी है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए देश के शीर्ष पांच आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के दो जिलों दंतेवाडा और बस्तर ने स्थान बनाया है नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रेकिंग में दंतेवाड़ा तीसरे और बस्तर जिला चौथे स्थान पर है इस उपलब्धि को लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलेवासियों को बघाई और शुभकामनाएं दी हैं गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यो के आधार पर देश के आकांक्षी जिलों की जनवरी दो हजार इक्कीस की डेल्टा रेकिंग जारी की गई है कोरोना टीकाकरण देश में अब तक एक करोड़ छियासठ लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इधर छत्तीसगढ़ में साठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें भी कोरोना टीका लगाने का सिलसिला जारी है अब तक प्रदेश में ऐसे चौबीस हजार पांच सौ छप्पन लोगों को टीका लगाया जा चुका है वहीं राज्य में दो लाख तीस हजार से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और एक लाख बासठ हजार से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है वहीं इकहत्तर हजार से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसकी दूसरी खुराक भी दे दी गई है इस बीच प्रदेश में कल विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के दो सौ सड़सठ नये मामले सामने आए जिनमें सर्वाधिक अठासी मामले रायपूर जिले से रहे इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या दो हजार नौ सौ इकसठ है वहीं धमतरी जिले के नवोदय विद्यालय क़रूद में पिछले दो दिनों के दौरान ग्यारह विद्यार्थी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं सभी विद्यार्थियों को होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया है उधर दूर्ग जिले में पूरैना और अमलेश्वर के शासकीय स्कूल से चार शिक्षक कोरोना पॉजीटिव मिले हैं इसे देखते हुए पुरैना स्कूल को आगामी दो दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है इधर राजनांदगांव शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है विमाग की मेडिकल टीम मोबाइल वैन लेकर प्रभावित वार्ड में पहंच रही है

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना बचाव के लिए जारी प्रोटोकाल का पालन करने की अपील की है कोविड टीकाकरण वेबीनार भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय आरओबी रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज कोविंड नाइंटीन टीकाकरण अभियान पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया इस वेबिनार में सुचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड अधिकारियों के अलावा नेहरू युवा केन्द्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक लोक कलाकार और छात्र छात्राएं शामिल हुए पीआईबी और आरओबी रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने कहा कि कोविड से जीतने के लिए सभी को बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेना चाहिए उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी हमें कोविड के लिए निर्धारित उचित व्यवहार को बनाए रखना है वहीं छत्तीसगढ़ टीकाकरण अभियान की राज्य मीडिया समन्वयक हर्षा पौराणिक ने कहा कि कोरोना से बचाव की लड़ाई में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है उन्होंने कोविड नाइंटीन के लिए पंजीकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और आधिकारिक पोर्टल से मदद लेने की अपील की वेबिनार में प्रतिभागियों द्वारा पृष्ठे गए प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया विस धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए सहकारी समितियों के खर्च और कस्टम मिलिंग के भूगतान को लेकर राज्य विधानसभा में आज काफी शोर शराबा हुआ विपक्ष ने आरोप लगाया कि कस्टम मिलिंग का भुगतान नहीं हो पा रहा है इस वजह से भिलिंग में देरी हो रही है इस पूरे मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया प्रश्नकाल में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने यह मुद्दा उठाया

इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करती है वह केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करती है उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए समिति के कमीशन का दो सौ बासठ करोड़ अस्सी लाख और अस्सी करोड़ रूपये मजदूरी भूगतान किया गया उन्होंने बताया कि मिलर्स को छह सौ तीस करोड़ रूपये का भुगतान होना है वहीं चार सौ तीस करोड़ रूपये का भुगतान हो चुका है मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और सदन से बहिर्गमन कर दिया विस विशेषाधिकार हनन विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने बिलासपुर से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडेय से जनवरी में हुए दुर्व्यवहार के मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया शून्यकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा अध्यक्ष से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर कार्रवाई करने का आग्रह किया श्री चंद्राकर ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है विधायक शैलेश पांडेय के साथ दुर्व्यवहार हुआ है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विधायकों का काम करना मुश्किल हो जाएगा बाद में विंधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसे विचार के लिए रख लिया

सदन में गृह विमाग की बजट पर चर्चा हो रही थी आसंदी ने इसके लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया था भाजपा की ओर से चर्चा की शुरुआत विधायक शिवरतन शर्मा ने की उनको बोलते हए आघे घंटे से अधिक हो गए थे तो आसंदी ने उन्हें बीच में रोक दिया और समय का ध्यान रखने की बात कहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पहले वक्ता को संरक्षण मिलना चाहिए बाद में इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक सदन की कार्यवाही को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के कक्ष में बैठ गए और विधानसभा की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला लिया जवान शहीद दंतेवाड़ा जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गीदम क्षेत्र में स्थित पहुरनार घाट में पुल निर्माण को कार्य चल रहा है जिसकी सुरक्षा के लिए सीएएफ और डीआरजी के जवानों को भेजा गया था जब जवान गश्त कर रहे थे तभी एक हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत द्विवेदी प्रेशर बम की चपेट में आ गए जिससे उनकी मौत हो गई शहीद जवान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की बाईसवीं बटालियन में पदस्थ थे और वे मध्यप्रदेश के रींवा जिले के रहने वाले थे वहीं बीजापुर जिले के बासागुड़ा जगरगुंडा एरिया कमेटी के एक मिलिशिया सदस्य ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पेण कर दिया इस पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक चिट्टी पहुंचाने पुलिस पॉर्टी की रेकी करने और प्रेशर बम लगाने सहित कई आरोप हैं आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदेश में जातीय जनगणना दो हजार ग्यारह में वंचित रह गए हितग्राहियों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है हितग्राही अपने नजदीकी च्वॉइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर यह कार्ड बनवा सकते हैं गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्रता के अनुसार पांच लाख रूपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है मनरेगा नामांकन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का बेहतर क्रियान्वयन करने वाले जिलों विकासखंडों और ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा पुरस्कार के लिए नामांकन दस मार्च तक छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय को भेजे जा सकते हैं गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा जिलों और विकासखंडों को ग्यारह श्रेणियों में तथा ग्राम पंचायतों को नौ श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है हत्या साजिश गिरफ्तार जांजगीर चांपा जिले के भातमाहल गांव में युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय चंद्रा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है इनमें महिला उप सरपंच और उसका पति भी शामिल है आरोप है कि इन समी ने युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या की साजिश रची और हत्या के लिए दस लाख रूपये की सुपारी दी थी पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब ढाई लाख रूपये भी जब्त किए हैं सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल मेज दिया गया है खेल समाचार राजनांदगांव जिले के तीन खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी स्पर्धा के लिए हुआ है यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित की जाएगी चुने गए खिलाड़ियों में हर्षिता साहू क्षमा पिस्दा और योगेन्द्र निर्मलकर शामिल हैं इस उपलब्धि के लिए छत्तीसंगढ आर्चरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मुरारका और खेल तथा युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता सिन्हा ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया गौरतलब है कि रायपुर में पिछले दिनों हुई बीसवीं सब जूनियर गुरू गोविंद सिंह राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों ने भाग लिया था संक्षिप्त समाचार जगदलपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में छह मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा सूरजपुर जिले के सरहरी गांव के पास बीती शाम एक वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो यूवकों की मौत हो गई कोंडागांव जिले के केशकाल थाना क्षेत्र के दादर गांव में दो ट्रकों के बीच हुई टक्कर में एक चालक की मौत हो गई वहीं सहचालक घायल हो गया है कोरिया जिले में जनकपुर थाना क्षेत्र के मरखोही गांव में बीती रात एक ब्रजुर्ग की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी कोरिया जिले के केल्हारी वन परिक्षेत्र के भालूडांड जंगल में इन दिनों दो हाथी विचरण कर रहे हैं वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में पुलिस ने चौदह किलो गांजा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत करीब एक लाख चालीस हजार रूपये बताई जा रही है